्म मौसम में अचानक आये बदलाव से प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के समाचार मौसम विभाग ने सर्दी बढने की जताई संभावना ्दीपोत्सव की श्रृंखला में आज परंपरागत रूप से मनाया गया गोवर्धन पूजा का पर्व मंदिरों में कोरोना गाईडलाईन की पालना के साथ रखे गये हैं अन्नकूट के आयोजन ् बाल अधिकार सप्ताह के तहत प्रदेश में डिजिटल बाल मेलों का आयोजन हो रही हैं ऑनलाईन प्रतियोगितायें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

केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार इस मसौदे पर जनता से सुझाव मांगे गये हैं प्रारूप नियमों में कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ग्रेच्यूटी मातृत्व लाभ सामाजिक सुरक्षा और भवन तथा अन्य निर्माण कामगारों असंगठित क्षेत्र के कामगारों आदि से संबंधित उपकर के बारे में संहिता में उल्लिखित प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था है

ये नियम असंगठित क्षेत्र और अन्य कामगारों को केन्द्र सरकार के पोर्टल पर आधार की सहायता से स्वतः पंजीकरण की उपलब्धता करायेंगे

राजधानी जयपुर मे करीब एक घंटे तेज बारिश हई शहर में कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे और सड़कों पर पानी भर गया

टोंक में तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई और जिले के देवपुरा गांव में ओले गिरने से फसलों को नुकसान भी हुआ है

श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज हुई मावठ की पहली बारिश से किसानों के चेहरों पर रौनक आई है

राज्य के भरतपुर जयपुर कोटा और बीकानेर संभागों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवायें चलने और वर्षा होने की संभावना है कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है

कोरोना संक्रमण के कारण इस साल गोवर्धन पूजन के सामूहिक आयोजन नहीं किये गये और महिलाओं ने छोटे समूहों में विधि विधान के साथ गोवर्धन पूजन किया और मंगल गीत गाये गोवर्धन पूजा को लेकर बूज के राज्य से लगते क्षेत्रों में विशेष महत्व है

आज ही अन्नकट के आयोजन भी किये जा रहे हैं और मंदिरों में कोरोना गाईडलाईन की पालना करते हये ही श्रद्वालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है हमारे राजसमंद संवाददाता ने बताया कि नाथद्वारा के प्रसिद्ध श्रीनाथजी मंदिर मे अन्नकूट उत्सव मनाया जा रहा है बूंदी जिले के रंगनाथ मंदिर सहित सभी बड़े मंदिरों में भी अन्नकूट भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई टोंक के विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया च्रूर करौली प्रतापगढ बांसवाड़ा अन्य जिलों से भी अन्नकूट भक्ति भाव के साथ मनाये जाने के समाचार मिल रहे हैं

सभी को धन्यवाद देते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वः अनुशासन से ही हम कोरोना के खिलाफ संघर्ष में सफल होंगे

इस समय देश में कोरोना से होने वाली मौतों का प्रतिशत एक दशमलव चार सात है जो दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में न्यूनतम है

इनमें सबसे अधिक चार सौ अठानवे जयपुर जिले के है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

कल से शुरू हये इन आयोजनों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है इनमें कोरोना संकमण की रोकथाम करने के संबंध में भी प्रतियोगितायें हो रही हैं जिसमें बच्चे वीडियो बनाकर विभिन्न वर्गों में अपनी ऑनलाईन एन्ट्री भेज सकते हैं इस राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में जीतने वाले प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार भी दिया जायेगा